संसद के बाहर आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सरकार को सभी राजनीतिक दलों के सहयोग की आशा है और अधिवेशन ठीक ढंग से चलना चाहिए उन्होंने कहा कि भारी वर्षा की वजह से देश के कुछ भागों में गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं जबकि कुछ अन्य भागों में कम वर्षा हुई है जिस पर बहस होनी चाहिए

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर विकासशील राज्यों की श्रेणी में लेकर आई है इस दौरान उन्होंने कार्यकम स्थल पर पौधरोपण भी किया श्री चौहान ने कहा कि हम सब को नदियों और पर्यावरण के संरक्षण के लिये कम से कम एक वृक्ष लगाने का संकल्प लेना चाहिये इससे पहले श्री चौहान ने पत्नि श्रीमति साधना सिंह के साथ मैहर के शारदा मंदिर में पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री संबल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षा विमाग में नियमित शिक्षकों की भर्ती करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने को कहा है

बैठक में श्री चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के हितग्राहियों के बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में किसी भी प्रकार का शिक्षण शुल्क नहीं लगेगा यदि ऐसे बच्चों ने फीस भर दी है तो उन्हें तत्काल फीस के पैसे लौटा दिये जायेंगे उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेजों के लिए स्पष्ट आदेश जारी करें ताकि किसी भी स्तर पर भ्रम की स्थिति नहीं रहे राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल होशंगाबाद दौरे पर कहा कि जिस पूजा से नर्मदा जल प्रदूषित होता हैं ऐसी पूजा को न करना ही बेहतर है नर्मदा दर्शन के दौरान पूजा की थाली में रखे पॉलीथिन फल और नारियल को देखकर उन्होंने ये बात कही पूजा के लिए रखा नारियल उन्होंने आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों में बंटवाने को भी कहा साथ ही श्रीमति पटेल ने गुजरात की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी पुराने वृक्षों पर उनकी उम्र और नाम लखने के निर्देश दिए श्रीमति पटेल ने होशंगाबाद के पचमढ़ी में बने राजभवन को सप्ताह में तीन दिन पर्यटकों के लिये खोलने की भी अनुमति दी अखिलेश दौरा मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कल से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष गौरी सिंह यादव के मुताबिक श्री यादव मध्यप्रदेश कांग्रेस की इकाई के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे इस दौरे के दौरान वे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा के अलावा यहां पार्टी की जमीन मजबूत करने की रणनीति पर विचार विमर्श भी करेंगे मौसम प्रदेश के भोपाल इंदौर समेत पांच संभागों में आज भी मौसम विमाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है प्रदेश के भोपाल इंदौर उज्जैन होशंगाबाद और जबलपुर संभागों के कई जिलों में आज भी बारिश का दौर जारी है विमाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के उत्तरी छत्तीसगढ में आकर अति कम दबाव के क्षेत्र के रूप में बदलने के कारण प्रदेश में मानसून में सक्रियता आ गई है इसके अलावा मानसून की ध्री सागर उमरिया और राजस्थान के जैसलमेर और कोटा पर बनी हई है जिसके चलते प्रदेश के बडे हिस्से में मानसून सक्रिय है हमारे रायसेन संवाददाता ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक एक सौ छियालीस पर कोड़ी नदी पर बना पुल फिर बह गया इससे पहले भी डायवर्जन रोड़ पर बना पुल बह गया था वहीं जिले के गैरतगंज उदयपुरा और बेगमगंज में बाढ़ जैसे हालात बन गये हैं वहीं सागर से विदिशा जाने वाली रोड बन्द हो गई है राहतगढ की बस्तियों में पानी भर गया है कई स्कूलों में भी पानी भरने की खबर है हमारे दमोह संवाददाता ने बताया है कि भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं दमोह जिला मुख्यालय का आसपास के क्षेत्रों से सम्पर्क टूट गया है भोपाल में कल सुबह के समय पांच घंटे में करीब पौने पांच इंच बारिश दर्ज हुई जिससे निचली बस्तियों समेत नए शहर की भी कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बन गई